जम्मू कश्मीर के शोपिया में ग्रेनेड हमले में ऊना जिले के ननावीं गांव के सैनिक बृजेश शर्मा शहीद स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को हिम केयर योजना का नाम दिया जाएगा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर आज शिमला में जलरक्षक संघ द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रयासरत है और राज्य का समग्र व तीव्र विकास सुनिश्चित बनाया जा रहा है इस अवसर पर सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार विभाग की योजनाओं के कियान्वयन में जल रक्षकों को और अधिक ज़िम्मेदारी देने पर विचार करेगी

जल रक्षक संघ के अध्यक्ष बलीराम शर्मा ने मानदेय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया और संघ की विभिन्न मांगों से संबंधित एक मांग पत्र भी सौंपा

वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने आज शिमला में वन अग्नि पर आधारित क्षेत्रीय रिपोर्ट का विमोचन करने के बाद ये बात कही गोबिंद ठाकुर ने कहा कि वनों की आग इस लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी बाधा है लेकिन इसके प्रबंधन व रोकथाम के लिए साझा प्रयासों की ज़रूरत है वन मंत्री ने कहा कि वनों की आग की घटनाओं से समय रहते निपटने की सरकार की प्राथमिकता है ताकि हिमाचल को हरा भरा बनाया जा सके

वन विभाग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय कुमार सहित विश्व बैंक के वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ पीयूष डोगरा ने भी अपने विचार व्यक्त किए

खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने आज धर्मशाला क्षेत्र में झियोल बहाव सिंचाई योजना की आधारशिला रखने के बाद ये जानकारी दी

किशन कपूर ने कहा कि लोगों को घर द्वार पर स्वच्छ पेयजल और किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है

अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर जिले में स्वारघाट क्षेत्र की कुटेहल पंचायत में श्रम व कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यकम में आज कामगारों को इंडक्शन चूल्हे और सोलर लैम्प वितरित किए

अनुराग ठाकूर ने कहा कि इंटीग्रेटिड पावर डेवलपमेंट स्कीम का काम अगले साल मार्च महीने तक पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे

ऊना से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि शहीद की पार्थिव देह कल तक उनके पैतृक गांव पहुंचने की संभावना है जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा बृजेश की शहादत की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव में शोक का माहौल है शोक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सैनिक बृजेश कुमार की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने भी बुजेश कुमार की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है परमार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि राज्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को एक योजना के तहत लाकर हिम केयर नाम दिया जाएगा कांगड़ा जिले के टांडा मैडिकल कॉलेज में रोगी कल्याण समिति की एक बैठक में आज उन्होंने ये जानकारी दी

उन्होंने कहा कि हिम केयर में कार्ड बनाने के लिए लोक मित्र केन्द्रों की सहायता ली जाएगी

बीके अग्रवाल मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और प्रदेश के युवाओं के लिए औद्योगिक इकाईयों में बेहतर रोज़गार प्रदान कर रही है सोलन ज़िला में नालागढ़ उपमण्डल के बद्दी में आज बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विकास में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहता है बी के अग्रवाल ने बताया कि राज्य में अधिक निवेश आकर्षित करने और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अधोसंरचनागत सुविधाएं तथा प्रोत्साहन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं मुख्य सचिव ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में श्रमिकों के लिए कम लागत की आवासीय सुविधाएं बनाने के लिए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को चैक वितरण समारोह में ये जानकारी दी

एनएफटीई वेतन पुनर्निधारण के लिए लंबे समय से संघर्ष करने वाले बीएसएनएल कर्मचारियों को प्रबंधन बोर्ड ने दीपावली तक बड़ी घोषणा का आश्वासन दिया है बीएसएनएल कर्मचारी संघ एनएफटीई के कल हरिद्वार में हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में बीएसएनएल कार्पोरेट कार्यालय के महाप्रबंधक एकेगुप्ता ने कहा कि पे रिवीज़न की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे जल्द घोषित किया जाएगा